उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव की कोशिश करनी चाहिये प्रधानमंत्री ने बल दिया कि सरकार की प्रथामिकता प्रत्येक व्यजक्ति का जीवन बचाना है उन्होंने कहा कि देश कोरोना वायरस के कारण गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार इन से बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध है बैठक के लिये प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नेताओं ने समय पर किये गये उपायों के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि प्ररा देश संकट की इस घड़ी में एकज़्ट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है उन्होंने छोटे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जांच सुविधाएं बढ़ाने के अलावा भूख और कुपोषण की चुनौती से निपटने में मदद की आवश्यकता पर बल दिया बैठक में शामिल नेताओं ने कोरोना वायरस से लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक और अन्य नीतिगत उपायों पर भी बात की कोरोना केन्द्र सरकार केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे जमाखोरी काला बाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के जरिये अनाजों दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करें कोरोना सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने कहा है कि वह लघु और मध्यम उद्यमों को सरकारी आदेश पर एक करोड़ रूपए तक की कारोबार करने के लिए आपात धनराशि उपलब्ध कराएगा कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सिडबी की आपात सहायता बंधन मुक्त होगी और अड़तालीस घंटे के अंदर जारी कर दी जाएगी सिडबी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि इस ऋण पर केवल पांच प्रतिशत ब्याज लगेगा बैंक ने बताया कि मौजूदा हालत को देखते हुए इस ऋण की सीमा पचास लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है कोरोना भोजन वितरण लॉकडाउन के दौरान इन दिनों प्रदेश में हर रोज करीब डेढ़ लाख जरूरतमंदों मजदूरों और बेसहारा लोगों को मुफ्त भोजन के अलावा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है इसके साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगभग ढाई लाख मास्क सेनेटाईजर और साबुन का वितरण भी जरूरतमंदों को किया गया हैं इस बीच जरूरतमंदों को वितरित किए जा रहे भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की हर दिन ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है कोरोना कैदी रिहा कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रदेश के विभिन्न जेलों से अब तक कुल एक हजार चार सौ अटठहत्तर कैदियों को छोड़ा जा चुका है इनमें से चार सौ सत्ताईस कैदियों को तीन महीने से कम समय के लिए अंतरिम जमानत पर सात सौ बयालीस बंदियों को तीन महीने से अधिक की अंतरिम जमानत पर और दो सौ बासठ कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है वहीं छियालीस कैदियों को सजा पूरी होने पर विभिन्न जेलों से रिहा किया गया है

ये परीक्षाएं अब मई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार अब बाकी विषयों की परीक्षाएं चार पांच छह और आठ मई को ली जाएंगी गौरतलब है कि बीते इक्कीस मार्च से शुरू हुई ये परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थीं कोरोना परामश देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

बिलासपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने जनप्रतिनिधियों समाजसेवी संगठनों के और व्यक्तिगत तौर पर राहत सामग्री बांटने पर रोक लगा दी है इस संबंध में उन्होंने कहा है कि अब राहत सामग्री या भोजन केवल पुलिस के माध्यम से ही वितरित की जाएंगी वहीं राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में सैनिटाइजेशन टनल का शुभारंभ किया इसे पुराना बस स्टैंड और बुधवारी चौक में स्थापित किया गया है इस टनल से निकलने वाली फुहारों के जरिए लोगों को सेनेटाईज किया जा रहा है इधर कबीरधाम जिले में दूसरे राज्यों और पड़ोसी जिलों से आए करीब पचास लोगों को भागूटोला गांव में स्थित छात्रावास में ठहराया गया है यहीं पर इनके भोजन और आवास की व्यवस्था भी की गई है इसके अलावा जिले के बोड़ला पंडरिया और सहसपुर लोहारा में विशेष राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है उधर कोरिया कलेक्टर ने सभी बैंक प्रबंधकों को खाताधारकों की बैंक से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया है

वहीं जांजगीर चांपा जिले के जैजेप्र विकासखंड में मध्यप्रदेश के रहने वाले अट्ठारह लोगों को छात्रावास में बनाए गए राहत शिविर में आश्रय दिया गया है इनमें दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं इसी जिले में कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है

इस सिलसिले में नगर पालिका के द्वारा शहर को सैनिटाईज करने के लिए दवा का छिड़काव किया गया वहीं रायगढ़ जिले में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है भूपदेवपुर के नवोदय विद्यालय में लॉकडाउन के दौरान फंसे गुजरात के उन्नीस बच्चों से पूलिस अधिकारियों ने बातचीत कर उन्हें संयम से काम लेने के सीख दी इसके अलावा शहर में बॉडी सैनिटाईजेशन मशीन को लगाने का काम शुरू हो गया है जिला चिकित्सालय के अलावा शहर के चार अन्य जगहों पर भी यह मशीन लगाई जाएगी इधर बालोद जिले में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों का वार्ड बारह के रहवासियों ने सम्मान किया उधर भिलाई में स्थित मैत्रीबाग चिड़िया घर उद्यान और प्रवेश द्वार को मशीन से सैनिटाईज किया जा रहा है साथ ही जानवरों को भोजन चारा और दवाई देते समय जू के कर्मचारी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं वहीं कन्याकुमारी से भिलाई के फौजीनगर स्थित मजार में आकर रह रहे एक युवक को जामुल पुलिस ने क्वारेंटाइन सेंटर में दाखिल कराया है इस बीच नारायणपुर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घरेलू महिलाएं भी सामने आ रही हैं नगर की दो महिलाओं ने आज इक्कीस हजार आठ सौ पचास रूपए नगद राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की वहीं कई महिलाएं मास्क बनाकर मुफ्त में वितरित करने का काम भी कर रही है वहीं राजनांदगांव जिले में करीब पन्द्रह सौ से अधिक लोग आइसोलेशन में हैं इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों की टीम हर गांव और मोहल्ले में संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही है कोरोना गृहमंत्री दौरा प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज दूर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया श्री साहू ने उतई पाउवारा जंजगीरी अंडा विनायकपुर आमटी निकुम खाड़ा और अंजोरा गांव पहुंचे जहां उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत उपायों की जानकारी दी श्री साहू ने ग्रामीणों को क्षेत्र के साथ साथ स्वयं की साफ सफाई रखने के लिए कहा

इसके तहत रायपुर रेलमंडल में लगभग दौ सौ क्वारेंटाइन बिस्तर बनाए गए हैं साथ ही रेलवे इंस्टीट्यूट को क्वारेंटाइन सेंटर में बदला गया है इसके अलावा आगामी तीन माह के लिए संविदा के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टॉफ को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है वहीं रेलवे चिकित्सालय में दस बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ ही चौबीस घंटे चालू रहने वाले आपातकालीन कक्ष की व्यवस्था भी की गई है

मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल के जवानों का दल किरंदुल थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान क्टरेम के जंगलों में घेराबंदी कर एक लाख के इनामी माओवादी मिडियामी हर्रा को गिरफ्तार किया गया इस माओवादी पर सात जवानों की हत्या सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इधर सुकमा जिले में माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी हमारे संवाददाता ने बताया कि फुलपगड़ी थाना क्षेत्र के बड़ेशेट्टी के सिंगनपारा इलाके में माआवादियों ने मुखबिरी के शक में युवक की हत्या कर दी पुलिस ने शव के पास से माओवादियों का पर्चा भी बरामद किया है इस बीच जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान शिवलाल नेताम का पार्थिव शरीर विमान से आज रायपुर लाया गया स्वामी विवेकानंद विमानतल पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और वरिष्ठ अधिकारियों ने जवान को श्रद्दांजलि दी बाद में जवान का पार्थिव शरीर उसके गृहग्राम पतोड़ा के लिए रवाना किया गया गौरतलब है कि शहीद जवान कोंडागांव जिले का रहने वाला था हनुमान जयंती देशभर में हनुमान जयंती आज आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है लॉकडाउन के कारण श्रद्धालु मंदिरों में नहीं जा रहे हैं लेकिन वे अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने आशा जताई है कि हनुमान जी के जीवन से लोगों को कठिन समय से निकलने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को हनुमान जंयती की बधाई और शुभकामनाए दी हैं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने जनता के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है श्री बघेल ने पूरे विश्व को कोरोना संक्रमण से जल्दी मुक्त होने की प्रार्थना भी की है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है इस बीच आज कोंडागांव और कोरिया जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यो में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ सचिवों की एक सशक्त समिति गठित की है समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के सचिव और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने छह अधिकारियों कर्मचारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब लघु वनोपज बीज रहित फूल इमली की भी खरीदी की जाएगी यह खरीदी चौव्वन रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर होगी सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के कटिन्दा इलाके में कुएं में डूबने से दो लड़के और एक लड़की सहित तीन बच्चों की मौत हो गई वहीं इन बच्चों के मां को गांव वालों ने बचा लिया है और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है